मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर में शहीद अशफाक उल्ला खां प्राणी उद्यान का लोकार्पण किया इसके साथ ही चिडियाघर लोगों के लिए खुल गया है मुख्यमंत्री ने चिडियाघर में घमकर यहां की व्यवस्थाओं को देखा और वन्यजीवों का अवलोकन किया इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि लोगों की सहलियत को ध्यान में रखते हए विड़ियाघर में प्रवेश श्ल्क को कम से कम रखा जाए और यहां दर्शकों को अत्याध्निक सुविधाएं दी जाएं मुख्यमंत्री ने कहा कि स्कूली विद्यार्थियों के लिए विशेष रूप से छूट दी जाए ताकि वे यहां आकर मनोरंजन के साथ ज्ञानार्जन भी कर सकें इस दौरान प्रदेश के पर्यावरण वन एवं जलवाय परिवर्तन मंत्री दारा सिंह चौहान और राज्य मंत्री अनिल शर्मा भी उपस्थित रहे गोरखपुर के चिड़ियाघर का शिलान्यास मई दो हजार ग्यारह में हुआ था लेकिन इसके निर्माण कार्य ने वर्ष दो हजार सत्रह के बाद तेजी पकड़ी चिड़ियाघर में वन्यजीव लाने का कार्य पिछले महीने से शुरू हुआ और अब तक यहां इकतीस प्रजातियों के एक सौ तिरपन वन्यजीव आ चुके हैं फिलहाल यहां शेर बाघ तेंदुआ दरियाई घोड़ा बारहसिंघा हिरण चीतल सियार अजगर घड़ियाल जंगली बिल्ली मकॉक जैसे जानवर देखने को मिलेंगे विड़ियाघर में दर्शकों के लिए अत्याध्वनिक सुविघाओं वाला सेवेन डी थिएटर भी बनाया गया है थिएटर में शो के दौरान दर्शकों को बारिश विजली कोहरे धुएं और सुगंध जैसे तेरह इफेक्ट का अहसास होगा

दो हजार सत्रह में प्रदेश में सरकार बनने के बाद पहला कार्य किसानों का कर्ज माफ करने का किया गया अकेले महराजगंज में एक लाख किसानों का कर्ज माफ किया गया मुख्यमंत्री आज महराजगंज के महंत अवेद्यनाथ डिग्री कॉलेज चौक बाजार में नगर पंचायत और पर्यटन विकास की दो सौ उन्यासी करोड़ की एक सौ सोलह परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने के बाद लोगों को सम्बोधित कर रहे थे मृख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्रदेश में चालीस लाख लोगों को आवास उपलब्ध कराया गया है पिछले चार वर्ष में सौ से अधिक नगर निकाय बनाये गये हैं मुख्यमंत्री ने कहा कि सीमा की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है इसलिये नेपाल सीमा पर दूठीबारी से लेकर पीलीभीत तक सड़क बनायी जा रही है इससे एसएसबी सहित अन्य सुरक्षा एजेंसियों को काफी मदद मिलेगी इस अवसर पर सांसद पंकज चौघरी विधायक ज्ञानेन्द्र सिहं जय मंगल कन्नौजिया बजरंग बहादुर सिंह अमन मणि त्रिपाठी मौजुद रहे

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्थिति पर लगातार नजर रखे हए हैं केन्द्र के दिशानिर्देशों के अनुसार राज्य में टीकाकरण जारी है

एमएस यादव आकाशवाणी समाचार लखनऊ

मन की बात कार्यक्रम आकाशवाणी और द्रदर्शन के समूचे नेटवर्क पर तथा अकाशवाणी समाचार वेवसाइट डब्लू डब्लू डब्लू डॉट न्यूज ऑन एआईआर डॉट कॉम और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल एप पर भी प्रसारित किया जाएगा